गौरतलब है कि राज्य सरकार ने छत्तीसगढ़ लोक सेवा नियम में संशोधन की अधिसूचना और पदोन्नति में आरक्षण के लिए रोस्टर जारी किया था इस अधिसूचना के अनुसार पदोन्नति में अनुसूचित जाति के शासकीय सेवकों को तेरह प्रतिशत और अनुसूचित जनजाति के कर्मचारियों को बत्तीस प्रतिशत आरक्षण देने की बात कही गई थी साथ ही प्रदेश में पिछड़े वर्गो के लिए आरक्षण को बढ़ाकर सत्ताईस प्रतिशत कर दिया था याचिकाकर्ता ने राज्य सरकार की अधिसूचना और रोस्टर को सर्वोच्च न्यायालय के दिशा निर्देशों के खिलाफ बताते हुए इस पर रोक लगाने की मांग की थी हाईकोर्ट हवाई सुविधा छत्तीसगढ़ उच्च न्यायालय ने बिलासपुर में हवाई सुविधा की मांग को लेकर पेश की गई जनहित याचिका में केंद्र सरकार की ओर से शपथ पत्र के साथ जवाब दाखिल नहीं करने को गंभीरता से लिया है अदालत ने कहा है कि अगली बार यदि शपथ पत्र नहीं दिया गया तो केंद्र सरकार की किसी प्रमुख एजेंसी को तलब किया जाएगा गौरतलब है कि इस मामले में राज्य सरकार की ओर से प्रगति संबंधी जानकारी अदालत को दी जा चुकी है राज्यपाल आदिवासी महासम्मेलन राज्यपाल अनुसुईया उइके ने कहा है कि यदि पूरे विश्व में कोई संस्कृति अभी भी अपने मूलरूप में बची हुई है तो अधिकांश तौर पर वह आदिवासी संस्कृति ही है इस संस्कृति को सहेज कर रखना हम सबका कर्तव्य है राज्यपाल ने कल मध्यप्रदेश के छिंदवाड़ा जिले में सर्व आदिवासी महासम्मेलन को संबोधित करते हुए कहा कि यदि आदिवासी समाज के लोग संगठित रहेंगे तो उन्हें उनका अधिकार अवश्य मिलेगा राज्यपाल ने छत्तीसगढ़ में निरस्त किए गए वन अधिकार पट्टों की जांच कर पात्र हितग्राहियों को पट्टा देने के लिए कहा है उन्होंने कहा कि आदिवासी ही जंगल के प्राकृतिक रूप से मालिक हैं यदि विकास कार्यो के लिए उनकी जमीन ली जाती है तो उनका पुर्नवास और विस्थापन उचित ढंग से किया जाना चाहिए मुख्यमंत्री अमेरिका मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने अपने अमेरिका प्रवास के दौरान नोबल पुरस्कार विजेता अर्थशास्त्री प्रोफेसर अभिजीत बनर्जी से मुलाकात की इस दौरान मुख्यमंत्री ने छत्तीसगढ़ के आर्थिक विकास के लिए किए जा रहे विभिन्न प्रयोगो पर प्रोफेसर बनर्जी के साथ विस्तार से चर्चा की श्री बघेल ने छत्तीसगढ़ के अभिनव प्रयोग नरवा गरुवा घुरुवा और बाड़ी हाट बाजार चिकित्सा योजना और सुपोषण अभियान जैसे विषयों पर बातचीत की प्रोफेसर बनर्जी ने नवाचारों के इन प्रयोगों पर खुशी जताते हुए कहा कि आर्थिक विकेन्द्रीकरण के लिए किसी एक प्रमुख गांव के आसपास के गांवों का समूह बनाकर वहां विकास की विभिन्न योजनाओं को लागू किया जाए

मुख्यमंत्री ने प्रोफेसर बनर्जी को प्रदेश में हो रहे इन प्रयोगों को छत्तीसगढ़ आकर देखने का प्रस्ताव रखा जिस पर प्रोफेसर बनर्जी से सहमति जताते हुए छत्तीसगढ़ आने की बात कही सुपोषण अभियान महिला बाल विकास मंत्री अनिला भेंड़िया ने कहा है राज्य में महिलाओं और बच्चों में कुपोषण और खून की कमी को दूर करने के लिए मुख्यमंत्री सुपोषण अभियान चलाया जा रहा है राज्य सरकार ने आगामी तीन वर्षो के भीतर राज्य में कुपोषण को दूर करने का लक्ष्य रखा है उन्होंने कहा कि सुपोषण अभियान में लापरवाही पाए जाने पर कडी कार्रवाई की जाएगी आज रायपुर में हुई समीक्षा बैठक में महिला और बाल विकास मंत्री ने कहा कि सभी आंगनबाड़ी केन्द्रों में कुपोषित बच्चों की पहचान की जाए और गंभीर रूप से कुपोषित बच्चों को पोषण पुर्नवास केन्द्रों में भर्ती कराया जाए शक्कर उत्पादन कबीरधाम जिले के पण्डरिया स्थित सरदार वल्लभभाई पटेल सहकारी शक्कर कारखाने ने राज्य की सभी चार कारखानों में सबसे अधिक शक्कर का उत्पादन किया है पंडरिया के इस कारखाने में चालू वित्त वर्ष के दौरान उनासी दिनों में करीब डेढ़ लाख मीटरिक टन गन्ने की पेराई की गई जिससे एक लाख तिरपन हजार क्विंटल से अधिक शक्कर का उत्पादन किया गया पंडरिया शक्कर कारखाने के प्रबंध संचालक दिलीप जायसवाल ने बताया कि चालू वित्त वर्ष में यहां सर्वाधिक उत्पादन हुआ है इसके अलावा यहां दो करोड़ दस लाख रुपये की बिजली का उत्पादन कर भी उसे बेचा गया है किसान मेघद्त ऐप सूचना प्रौधोगिकी के इस दौर में प्रदेश के किसान भी अब डिजिटल तरीके से मौसम का पूर्वानुमान प्राप्त कर सकेंगे इसके लिए वैज्ञानिकों ने मेघदूत ऐप तैयार किया है इस ऐप के संबंध में कृषि विज्ञान केन्द्र कांकेर के वैज्ञानिकों द्वारा जिले के किसानों को जानकारी दी गई इस ऐप के जरिये आगामी पांच दिनों का मौसम पूर्वानुमान तथा उसके अनुसार कृषि प्रबंधन पर निरंतर जानकारी दी जा रही है मौसम विज्ञान विभाग द्वारा पृथ्वी विज्ञान मंत्रालय के सहयोग से यह मोबाइल ऐप तैयार किया गया है इस ऐप से मिलने वाली जानकारी का लाभ लेकर किसान बदलते मौसम के अनुसार अपने फसलों और खेती का प्रबंधन कर सकते हैं इस मोबाइल ऐप को प्ले स्टोर से डाउनलोड किया जा सकता है धान खरीदी प्रदर्शन बीजापुर जिले के गंगालूर धान खरीदी केंद्र में बारदाने की कमी होने के कारण धान खरीदी बीते चार फरवरी से बंद कर दी गई है इसके विरोध में आज क्षेत्र के किसानों ने प्रदर्शन किया और धान खरीदी शुरू करने की मांग की साथ ही उन्होंने चेतावनी भी दी कि यदि धान खरीदी शुरू नहीं की गई तो वे खरीदी केंद्र से धान का उठाव नहीं होने देंगे और वे अपना धान वाहनों में भरकर जिला मुख्यालय तक रैली निकालकर चक्काजाम करेंगे उधर बालोद जिले में किसानों ने धान खरीदी की समय सीमा बढ़ाने की मांग को कलेक्टर रानू साहू से मुलाकात की इस दौरान किसानों ने कलेक्टर से चौथी बार धान बेचने के लिए टोकन देने की भी मांग की वहीं महासमुंद जिले में धान का तीसरा टोकन नहीं मिलने से नाराज किसानों ने आज बागबाहरा तहसील के सामने प्रदर्शन किया वहीं कवर्धा जिले में भी पंडरिया कवर्धा मुख्य मार्ग पर ग्राम परसवाड़ा के पास किसानों ने धान खरीदी की समय सीमा को बढ़ाने की मांग को लेकर आज चक्काजाम कर विरोध प्रदर्शन किया इसके अलावा तर्रेगांव के किसानों ने भी बोड़ला पहुंचकर बारदाने की कमी को लेकर एसडीएम कार्यालय का घेराव किया एक भारत श्रेष्ठ भारत केन्द्र सरकार के एक भारत श्रेष्ठ भारत कार्यक्रम के तहत अहमदाबाद गुजरात के होटल प्रबंध संस्थान के विद्यार्थियों का एक दल इन दिनों रायपुर प्रवास पर है आज रायपुर के पंडित रविशंकर शुक्ल विश्वविद्यालय में संचालित पर्यटन और होटल प्रबंध संस्थान में इन विद्यार्थियों ने गुजराती व्यंजनों को बनाने की विधि का प्रदर्शन किया सांस्कृतिक आदान प्रदान के इस आयोजन के बहाने दोनों राज्यों के युवाओं को गुजरात और छत्तीसगढ़ की संस्कृति से परिचित कराने का प्रयास किया जा रहा है अहमदाबाद के होटल प्रबंध संस्थान की व्याख्याता यशोधरा पण्डा ने आकाशवाणी समाचार को बताया कि गुजराती व्यंजनों के प्रति रायपुर के युवाओं ने काफी दिलचस्पी दिखाई

आगजनी बलरामपुर जिले में अज्ञात लोगों ने सड़क निर्माण कार्य में लगे चार वाहनों में आग लगा दी है मिली जानकारी के अनुसार जिले के सामरी थाना क्षेत्र में बन्दरचुआ के पास सड़क निर्माण का कार्य चल रहा था इसी दौरान कुछ अज्ञात लोग वहां पहुंचे और निर्माण कार्य में लगे तीन टिप्पर तथा एक मिक्सर मशीन को आग के हवाले कर दिया रायगढ अवैध मकान रायगढ़ में अटल आवास के लिए सुरक्षित रखी गई शासकीय भूमि पर कुछ लोगों द्वारा कब्जा कर मकान बना लिया गया है जिसे हटाने के लिए निगम की टीम आज वहां पहुंची इस दौरान वहां रह रहे लोगों ने हंगामा करते हुए निगम द्वारा की जा रही कार्रवाई का जमकर विरोध किया इस मामले की जानकारी मिलने के बाद स्थानीय विधायक और निगम सभापति ने वहां पहुंचकर लोगों से बातचीत की इसके बाद यह निर्णय लिया गया कि पहले मकानों में रह रहे लोगों को दूसरे स्थानों पर विस्थापित किया जाए उसके बाद ही मकानों को तोड़ने की कार्रवाई शुरू की जाए संक्षिप्त समाचार अब कुछ अन्य खबरें संक्षिप्त में जनगणना के कार्य में लगे नोडल अधिकारियों की एक कार्यशाला आज दूर्ग कलेक्टोरेट में संपन्न हई इस कार्यशाला में अधिकारियों को इस बार की जनगणना में उपयोग की जानी वाली तकनीकी संबंधी जानकारी दी गई पशुपालन विभाग में कथित रूप से सहायक पशु चिकित्सा क्षेत्र अधिकारी और पशु चिकित्सा सहायक शल्यश के बीच कार्य विभाजन नहीं होने के कारण आज सहायक पशु चिकित्सा क्षेत्र अधिकारी संघ ने कोरिया जिले सहित कुछ अन्य जिलों में भी पशुओं का इलाज करना बंद कर दिया है साथ ही कृत्रिम गर्भाधान करने से संबंधित उपकरणों को कार्यालय में जमा करा दिया है धमतरी जिले के गंगरेल बांध में कल एक युवक की डूबने से मौत हो गई

और बिलासपुर से कोरबा आ रही एक यात्री बस अनियंत्रित होकर दर्शी जैलगाव के पास पलट गई